कार्यशाला की शुरूआत में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने से बाजार में पैसा आता है और पैसे का यही बहाव कस्बा और फिर शहरों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाता है इस मौके पर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह अहलुवालिया भी मौजूद थे इस कार्यशाला में राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के मुद्दे पर मुख्य रूप से विचार होगा कार्यशाला में देश के विभिन्न हिस्सों से अर्थ और वित्त विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं ई बस्ता योजना प्रदेश में पटवारियों को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से आज सागर के डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पटवारी ई बस्ता योजना का शुभारंभ किया इस दौरान उन्होंने पटवारियों को लेपटॉप वितरित किये इस मौके पर उन्होंने कहा है कि राजस्व महकमें को आधुनिक बनाया जा रहा है साथ ही पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा हस्तशिल्प प्रदर्शनी प्रदेश के बुनकरों और शिल्पियों के साथ साथ देश के कई राज्यों के शिल्पी बुनकरों द्वारा लोगों को अपनी शिल्पकला से परिचित कराने के लिए आज से पर्यटन स्थल खजुराहो में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जा रही है

इस दौरान हथकरघा से निर्मित चंदेरी महेश्वरी साड़ियां और विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जायेगा

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे